भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड़डा ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार असम के विकास और राज्य की जनता के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है आज गुवाहाटी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत केवल उन लोगो को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण इक्कतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत में आ चुके थे श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगो को इस मुद्दे पर गुमराह कर रही है ष उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने का समर्थन किया था लेकिन पड़ोसी देशों में धार्मिक भेदभाव के शिकार अल्पसंख्यको को नागरिकता देने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार ने की इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य के दरवाजे वृहत्तर असमी समाज के लिए हमेशा खूले रहेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामदल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रहे है श्री सोनोवाल ने लोगो से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दे क्योंकि भाजपा सरकार ऐसा कोई कदम नही उठाएगी जो स्थानीय लोगो के हितों के विरुद्ध हो उन्होंने आंदोलनकारियों से भी अपील की कि वे एक मजबूत असम के लिए सरकार के साथ सहयोग करें

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक नाबम तुकी और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दोमिनिक तादर भी उपस्थित थे अपने संबोधन में श्री चाउना मेन ने कहा कि सरकार संपर्क मार्गों के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है ताकि लोगो को आवागमन में सुविधा हो और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सके राज्य में हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादो का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है प्रदेश के द्रदराज के गांव आज भी आधुनिकता से कोसो दूर है और इन इलाकों में दशकों से लायन ल्रम पर पांरपारिक परिधानों को तैयार किया जाता है इससे एक तरफ जहाँ उनकी वस्त्र की जरुरते पूरी होती है वही उन्हे रोजगार के अवसर भी मिलते है राज्य में हथकरधे पर बने विभिन्न जनजातियों के परिधानों की अच्छी मांग है और ग्रामीण इलाकों के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार प्रसार और विपणन के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से नेशनल हैडलूम मेले का आयोजन किया गया है राज्य के टेक्सटाईल्स और हस्तशिल्प विभाग के निदेशक हाज दोदुंग ने बताया कि विभाग इस क्षेत्र के उद्यमिता के उत्पादों के विपणन के लिए देश के कई महानगरों में अरुणाचल भवन के शो रुम के माध्यम से बिक्री में सहायता कर रहा है इस एक्सपो में भाग लेने वाले उद्यमिता का मानना है कि राज्य की युवा पीड़ी को अपने माता पिता से इस कला को सीखकर इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए

सीमा सुरक्षा बल और राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने अर्ध सैनिक टुकड़ी के साथ मिलकर पश्चिमी त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के अंतर्गत सीमावर्ती गांव माटीनगर रायमुरा में स्थित एक घर से दो कार्टन में रखे गए लगभग एक लाख अड़सठ हजार पांच सौ नशीली याबा टेबलेट जबात की बीएसएफ के उप महानिरीक्षक सी एल बेलवा ने बताया की एक खुफिया सूचना के आधार पर हमने डीआरआई अधिकारियों के साथ मिलकर संबंधित घर की घेराबंदी की और बाद में दो कार्टन जब्त किए जिसमें याबा टेबलेट्स रखी हुई थी याबा टेबलेट्स एक खतरनाक रासायनिक यौगिक मिश्रण होता है इसका इस्तेमाल भारत बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में ज्यादातर युवाओं के द्वारा किया जाता है

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े प्रलिसकर्मियों को यातायात से जुड़े विभिन्न नियमों यातायात नियंत्रण में काम आने वाले उपकरणों और नागरिकों के साथ बेहतर संवाद कायम करने के तौर तरीके की जानकारी देना था इस कार्यशाला में राज्यभर के यातायात पुल्स के अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया

अब पहले के सभी हेल्पलाईन नम्बर निरस्त कर दिये गए है